डॉ हर्षकर्वन ने आज सदन को बताया कि मंत्रियों के समूहों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति की समीक्षा कर रहा है सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आमतौर से स्क्रीनिंग की जा रही है डॉ हर्षक्षन ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस से ग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय यात्रियों और छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत ईरान के सम्पर्क में है कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में आज राज्यसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ईरान में फंसे भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति ईरानी अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए है उन्होंने कहा कि अब तक भारत में उन्तीस लोग इस रोग से पीड़ित हैं जिनमें केरल के तीन मामले भी शामिल हैं लेकिन अब इन तीनों का इलाज हो चुका है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है उन्होंने कहा कि सरकार इस बीमारी की रोकथाम से संबंधित तैयारियों पर अधिक ध्यान दे रही है श्री हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और एन नाइन्टी फाइव मास्क का बफर स्टॉक रखा जा रहा है सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नवी आजाद ने कहा कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे केन्द्र सरकार ने आज सभी राज्यों को कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए परामर्श जारी करके विद्यार्थियों को एक स्थान पर एकत्र न करने की सलाह दी है बच्चों में बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण दिखने पर बच्चे को तुरन्त परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है मंत्रालय ने माता पिता से ऐसे बच्चों को चिकित्सक के अगले परामर्श तक स्कूल नहीं भेजने को कहा है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को परीक्षा हॉल में मास्क और सेनिटाइजर लाने की अनुमति दी है कोविड नाइन्टीन से संबंधित किसी जानकारी के लिए लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के चौदीसों घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष से शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ पर संपर्क कर सकते हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध कुल एक सौ पचहत्तर व्यक्तियों के नमूने जांच के लिए मेजे गए हैं इनमें से एक सौ सत्तावन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है श्री सिंह ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि बाकी अट्ठारह मामलों में से छह आगरा के और एक गाजियाबाद का है इन सभी के नमूनों को अंतिम जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा गया है श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं सात मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने को कहा गया है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दर घट रही है श्री सिंह ने विदेश यात्रा से लौटे लोगों को अपना विशेष ध्यान रखने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा है पिछले दो दिनों से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में तेज हवा बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के समाचार हैं आज सुबह फिरोजाबाद में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई प्रदेश के परिचमी अंचल के मुरादाबाद पीलीभीत बदायूं हापुड़ और शामली समेत अन्य स्थानों पर आज दिन में बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की से तेज वर्षा हुई मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से प्रदेश में वर्षा हो रही है विभाग ने अगले तीन दिनों तक तेज हवा बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का अनुमान जताया है बलरामपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन किया गया मेले में किशोरियों को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई इस अवसर पर स्वास्थ्य विमाग और शिक्षा विमाग की ओर से विमिन्न स्टॉल लगाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया सदर विधायक पलटू राम ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह मेला किशोरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जरूरी जानकारियां देने के साथ साथ महिला सशक्तीकरण की दिशा में मददगार होगा जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में आगामी होली के त्यौहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई इसमें विभिन्न समुदायों के धर्मगुरूओं और समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया जिलाधिकारी ने होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी से पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की